वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का बजट पास करने के बाद कल विधानसभा अनिश्चितकाल के लिये स्थगित

आज ही मनाई जा रही है संत रविदास जयंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं इस दौरान श्री मोदी लगभग तीन हजार करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से बावतपुर हवाई अड़डे पर उतरने के बाद श्री मोदी डीजल लोकोमेटिव वर्क्स डीएलडब्र पहुंचेगें और वहां डीजल से इलेक्ट्रिक में बदले गये दस हजार हार्सपॉवर के पहले लोकोमोटिव इंजन का लोकार्पण करेंगे वह वहां लगी हई एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री सीर गोवर्धन स्थित संत गुरू रविदास मंदिर जायंगे और वहां रविदास जन्मस्थली विकास परियोजनआं का शिलान्यास करेंगे तथा संत गुरू रविदास को श्रद्वाजलि देंगे और वहां एकत्रित हुए श्रद्वालुओं को सम्बोधित करेंगे

वहां दोपहर बाद ओडेगांव में एक जनसभा के दौरान सिटी कमान एण्ड कन्ट्रोल सेंटर सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट सहित तीन हजार करोड़ से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का शुभारम्भ एवं शिलान्यास करेंगे

श्री मोदी के आगमन के मद्देनजर वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं प्रधानमंत्री के वाह्य सुरक्षा घेरे की कमान एक डीआईजी और अड़तीस एसपी संभालेंगे जिसमें बयालीस एडीशनल एसपी एक सौ चार डीएसपी के साथ आठ हजार पांच सौ इंस्पेक्टर दरोगा और सिपाही तैनात किये गये हैं इसके अलावा पीएसी और सेन्ट्रल पैरा मिलेट्री फोर्स की चौंतीस कम्पनी के जवान तैनात रहेंगे वहीं प्रधानमंत्री के आंतरिक सुरक्षा घेरे में एसपीजी एनएसजी के कमांडो एटीएस के जवान और खुफिया इकाइयों के अधिकारी शामिल रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत में हर क्षेत्र की अलग सांस्कृतिक पहचान है लेकिन इससे देश बंटता नहीं बल्कि एकजुट होता है श्री कोविंद कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सांस्कृतिक सदभाव के लिए टैगोर पुरस्कार प्रदान करने के बाद बोल रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय गुरूदेव टैगोर अनूठी प्रतिभा के धनी थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संस्कृति किसी भी देश की प्राण वायु होती है क्योंकि यह उसे एक पहचान देती है संस्कृति किसी भी राष्ट्र की प्राणवायू होती है इसी से राष्ट्र की पहचान और अस्तित्व को राक्ति मिलती है किसी भी राष्ट्र का सम्मान और उसकी आयू भी संस्कृति की परिपक्वता और सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती से ही तय होती है भारत के पास तो हजारों वर्ष का एक सांस्कृतिक विस्तार है जिसने गुलामी के लंबे कालखंड का बाहरी आक्रमण का भी बिना प्रभावित हुए सामना किया है यह अगर संगव हो पाया है तो उसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी और ग्रूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर जैसे अनेक मनृष्यों का योगदान रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरूदेव की शिक्षाएं शाश्वत हैं और इनसे पूरी दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों आशा बहुओं ग्राम प्रहरियों पीआरडी और मिड डे मील के रसोईयों का मानदेय बढ़ाने जा रही हैं मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि सरकार ने इस वर्ष बजट की सीमा को बढ़ा कर पिछले साल से बड़ा बजट पेश किया है मुख्यमंत्री ने पुलवामा में शहीद हुए सेना के जवानों को नमन करते हुए कहा कि आज आतंकवाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है सरकार ने शहीद के परिजनों को पच्चीस लाख रूपये की मदद दी है मुख्यमंत्री ने सदन में सदस्यों से अपने क्षेत्र के एक गांव को आदर्श बनाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि शहीदों के गांव को आदर्श गांव बनाने की पहल की जाये मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश पहले स्थान पर है राज्य के लाखों लोगों को इस योजना के तहत आवास मिला है उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो करोड़ से अधिक शौचालय गरीबों को मिले हैं वहीं प्रदेश के डेढ लाख मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है इसके साथ ही एक करोड़ परिवारों को निश्ल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध भी कराये गये हैं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के लिये राज्य सरकार ने विशेष सहयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष छियालीस लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद हुई है सदन के सभी सदस्यों ने अपना एक माह का वेतन पुलवामा के शहीदों के परिजनों को देने की घोषणा की बजट के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कल विधानसभा में वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का बजट पास कर दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया प्रयागराज कुंभ में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम तट पर प्रमुख स्नान पर्वो में से एक माधी पूर्णिमा पर आज वहां भारी संख्या में श्रद्वाल संगम तथा गंगा नदी के विभिन्न घाटो पर स्नान कर रहे हैं पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हए पहले स्नान पर्व से एक महीने का कल्पवास कर रहे श्रद्वालुओं का कल्पवास आज समाप्त हो रहा है माधी पूर्णिमा के स्नान के बाद श्रद्वालु आज ही से अपने अपने घरो को रवाना होंगे श्रद्वालुओं की भीड़ को देखते हुए परिवहन और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मेला अधिकारियों के अन्सार लगभग डेढ़ करोड़ श्रद्दालओ के पवित्र इबकी लगाने के लिए कम्म पहँचने की उम्मीद है

प्रशासन ने स्नान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं हाल ही में पुलवामा आतंकी हमले के मद्देनजर मेला क्षेत्र और उसके आसपास सुरक्षा के विशेष इतजाम किये गए है और केंद्रीय अर्धसेनिक बलों की अतिरिक्त ट्कड़ियां तैनात की गयी हैं प्रयागराज में सभी रोक्षणिक संस्थानों को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है

आज ही संत रविदास की जयंती भी मनायी जा रही है उनकी जन्म स्थली वाराणसी के सीर गोवर्धन में भक्तों की भीड उमड़ पड़ी है भारी संख्या में संत रैदास के अनुयायी कल ही सीर गोवर्धन पहुंच गये आज वहां जयंती कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा अमृतवाणी पाठ प्रवचन तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी संत रविदास की जयंती पर शोभायात्रा निकाली जा रही है गोरखपुर जिले के अलवापुर स्थित संत रविदास मंदिर में श्रद्वालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गयी है प्रदेश में अगले पांच साल में सरकारी चिकित्सकों की संख्या में तीन गुना बढ़ोत्तरी की जायेगी प्रदेश के चिकित्सा मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने कल विधानसभा में यह जानकारी दी श्री सिंह ने सदन को बताया कि पिछले दो सालों में सरकारी अस्पतालों में सात हजार आठ सौ पचपन नये डॉक्टरों की भर्ती की गई है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि नये डॉक्टरों में से दो हजार आठ सौ पैसठ की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के जरिये की गई जबकि दो सौ तिरसठ को पुनर्नियुक्त किया गया है श्री सिंह ने बताया कि तीन सौ पैसठ डॉक्टरों को इंटरव्यू के जरिये नियुक्ति दी गई है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अठटाइस सौ आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है सदन में कई सदस्यों ने मंडल मुख्यालयों पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग की चिंकित्सा मंत्री ने उनकी इस मांग पर विचार का भरोसा दिलाया प्रदेश में पिछले छह महीने में बिजली के साठ लाख नये कनेक्श दिये गये हैं राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल विधानसभा में यह जानकारी दी एक प्रश्न के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिये सरचार्ज छूट योजना पच्चीस मार्च तक बढ़ा दी गई है सदन में श्री शर्मा ने बताया कि विद्युत संबंधी हेल्य लाइन नम्बर एक नौ एक बारह पर एक लाख पैंतालीस हजार उपभोक्ताओं की गलत बिजली बिल की शिकायत दूर की गई है केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि भारत को कम लेकिन बड़े बैंकों की आवश्यकता है ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके उन्हॉने कहा कि ये बैंक इतने सक्षम होने चाहिए कि आम आदमी की जरूरते पूरी करने में मदद मिल सकें श्री जेटली कल नई दिल्ली में केंद्रीय बोर्ड की बजट बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे